इस दौरान कानून व्यवस्था स्वास्थ्य विकास संबंधी मुद्दों और राज्य सरकार की पहल आत्मनिर्भर भारत पर भी चर्चा की गई

श्री खांडू ने पंचायत और नगर पालिका च्नाव की तिथि से भी अवगत कराया इस दौरान राज्यपाल ने विकास संबंधी कार्यो में सक्रीय भ्रमिका निभाने के लिए म्ख्यमंत्री की सराहना की राज्यपाल ने कहा कि परियोजना कार्य में सरकारी प्रम्खों की व्यक्तिगत ध्यान देने से अधिकारियों को प्रोत्साहन मिलेगा परियोजना की कार्यान्वयन में गति आएगी और लोगों का अपने चयनित नेता पर भरोसा बने रहेंगे

इसके लिए विद्यालयों में कोविड दिशानिर्देशों को को ध्यान में रखते हए आवश्यक प्रबंध किए गए है राज्य के शिक्षा निदेशालय द्वारा खादी और ग्रामोद्योग के खादी इंडिया से बड़ी संख्या में मास्क की खरीद कर विदयालयों को उपलब्ध करा दिया गया है राज्य सरकार ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षाओं को ध्यान में रखते हए सभी हितधारको से विचार विमर्श करने के बाद कक्षा दस और कक्षा बारह की कक्षाएं शुरु करने का निर्णय लिया था राज्य की शिक्षा सचिव निहारिका राय ने बताया है कि स्कूलों में कोविड को लेकर विस्त्त दिशानिर्देश पहले ही जारी किए जा च्के है इसके अंतर्गत स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों वहां के अध्यापकों और अभिभावकों के लिए आवश्यक निर्देश दिए गए है शिक्षा विभाग ने कहा है कि स्कूल में आने वाले सभी छात्रों को प्रवेश के समय अपने अभिभावकों का लिखित सहमति पत्र लाना अनिवार्य होगा ईस्ट सियांग जिला स्कूल शिक्षा उपनिदेशक जोंगे यिरांग ने कहा है कि कोविड दिशानिर्देशों के अन्सार प्रत्येक कक्षा में बीस से अधिक छात्रों को बैठने की अन्मति नहीं होगी

राज्य स्वास्थ्य सेवा निदेशालय के अन्सार शनिवार को कोविड संक्रमण के चौतीस और नए मामले दर्ज किए गए जबकि एक सौ दो मरीजों को अस्पतालों से छूट्टी दे दी गई राज्य में कोविड रिकवरी दर ईक्यानवे दशमलव तीन एक प्रतिशत हो गई है प्रदेश में कोविड संक्रमण के सक्रिय मामलों की संख्या एक हजार तीन सौ तेईस है नए आए चौतीस मामलों में से एक बार फिर सबसे ज्यादा तेरह मामले ईटानगर राजधानी क्षेत्र से दर्ज की गए जबकि वेस्ट कामेंग से नौ ईस्ट सियांग से छह और लेपारादा से तीन नए मामले सामने आए है वहीं चांगलांग वेस्ट सियांग और लोअर स्बनसिरी से एक एक मामले दर्ज किए गए है राज्य में कोविड जांच के लिए अबतक तीन लाख इकतालीस हजार नौ सौ अट्टाईस सैंपल लिए जा च्के है

यह परीक्षा तेईस राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में तैतीस सैनिक विद्यालयों में छठी और नवीं कक्षा में प्रवेश के लिए आयोजित होगी दाखिले के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया बीस अक्टूबर से श्रु हो गई है और इस महीने की उन्नीस तारीख तक चलेगी ऑनलाईन आवेदन के लिए अभ्यर्थियों को वेबसाइट पर पंजीकरण कराना पड़ता है

इस दौरान राजनीतिक पार्टियों और च्नाव से ज्डे अधिकारियों के साथ च्नाव की अधिसूचना नवीनतम एरोल और इसके अपडेशन बीएलए की निय्क्ति च्नाव और गीनती एजेंट्स पोलिंग स्टेशन की निरीक्षण कानून और व्यवस्था की स्थिति महिला आरक्षण के लिए चिट्टी डालकर उठाने सहित च्नाव से जूड़ी मुद्दों के बारे में विचार विमर्श किया गया जिला उपाय्क्त ने जिले के सभी विभागों से संबंद्ध विभाग के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के नाम सौंपने को कहा

म्ख्य रुप से वेस्ट कामेंग जिले में निवास करने वाले अका जनजाती के लोग भरपुर सफल प्राकृतिक आपदाओं से रक्षा और समाज में स्ख शांति के लिए प्रतिवर्ष न्येत्री डॉव मनाते है राज्यपाल डॉ बी डी मिश्रा और म्ख्यमंत्री पेमा खांडू ने प्रदेश वासियों को न्येत्री डॉव की श्भकामनाएं देते हुए राज्य में आपसी भाई चारे और समृद्धि की कामना की है